मोदी सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि सरकार ने इसकी बुनियाद को कमजोर नहीं होने दिया है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में दो दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि नये विचारों और नये दृष्टिकोण के साथ देश्य तेजी से विकास कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षो से राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधायें देने पर विशेष ध्यान देने लगी हैं सिंगल विंडो प्रणाली से निवेशकों को बहुत फायदा हुआ है

इससे साढ़े चार लाख परिवारों का घर बनाने का सपना पूरा होगा महाराष्ट्र महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर चल रहे प्रयासों के बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुम्बई में राज्यपाल भगत सिंह कोशयारी से मुलाकात की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इस मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि हाल ही हुए विधानसभा चुनावों में लोगों ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है उन्होंने कहा कि लोग शीघ्र ही भाजपा शिवसेना गठबंधन की सरकार देखना चाहते हैं श्री पाटिल ने बताया कि पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल को राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की जानकारी दी है सरकार गठन को लेकर पार्टी नेतृत्व अगले कदम के बारे में निर्णय लेगा इसी बीच शिवसेना ने आज मुम्बई में अपने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की है

भोपाल की विशेष अदालत द्वारा हाल ही में एक मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी लोधी ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि विधायक लोधी की बर्खास्तगी का निर्णय द्वेषपूर्ण था उन्होंने भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जल्दबाजी में उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अभी पवई विधानसभा सीट को रिक्त घोषित नहीं किया है इसलिए विधानसभा के अधिकारियों को श्री लोधी की सदस्यता बहाल करने की कार्यवाई करनी चाहिए भाजपा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के संगटनात्मक चुनाव की प्रक्रिया जारी है

पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी हेमंत कंडलवाल ने बताया कि इन चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं डिजिटल सम्मेलन आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी ने कहा है कि आकाशवाणी संचार का एक मजबूत और प्रभावशाली माध्यम बना रहेगा क्योंकि इसकी खासियत यह है कि लोग अपना काम करते हुये भी इसका आनंद ले सकते हैं नई दिल्ली में आज डिजिटल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आकाशवाणी की विशिष्टताओं की जानकारी दी दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि अब रिपोर्टिंग के लिए पुराने बड़े केमरों की जगह मोबाइल का इस्तेमाल होने लगा है और दूरदर्शन भी मोबाइल पत्रकारिता का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है सड़क हादसा दतिया में आज ट्रेक्टर ट्रॉली के पलट जाने से दो किसानों की मौत हो गई और पांच किसान घायल हए हैं

वे गन्ना बेचने झांसी जा रहे थे तभी ट्रेक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होने से यह हादसा हुआ घायलों को दतिया जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलेटिन यू ट्यूब ट्विटर और फेसब्क पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं कालिदास समारोह अखिल भारतीय कालिदास समारोह कल से उज्जैन में शुरू होगा

यह यात्रा उज्जैन शहर के विभिन्न मार्गो से स्थानीय निवासियों को पीले चावल बांटते हुए कालिदास अकादमी परिसर पहुंचेगी कुलस्ते केन्द्रीय इस्पात मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते कल नरसिंहपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक लेंगे कलेक्टर और समिति के सचिव ने बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन सांसद क्षेत्र विकास निधि और अन्य विषयों पर भी चर्चा की जायेगी स्कूल वाहन निर्देश परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाले वाहनों में ओवर लोडिंग किये जाने पर सख्त कार्यवाई के निर्देश दिये हैं उन्होंने कल भोपाल में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें श्री राजपूत ने सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों को अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने और बीआरएस के इच्छुक कर्मचारियों से प्राप्त प्रस्ताव शासन के समक्ष रखने के निर्देश भी दिये हैं सेना भर्ती रैली सेना में भर्ती के लिए भोपाल के लाल परेड मैदान पर आज से भर्ती रैली शुरू हो गई है

भोपाल स्थित सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोल्जर सामान्य टेक्निकल नर्सिंग सोल्जर क्लर्क सोल्जर ट्रेडमेन सोल्जर फार्मा आदि पदों के लिए यह भर्ती की जा रही है तूफान अरब सागर के मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बना चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ गया है

इधर ओडिशा और अंडमान निकोबार ट्वीपसमूह में संभावित तूफान के मद्दें नजर आज प्रधानमंत्री के प्रधानसचिव पीके मिश्रा ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि तूफान के कारण कोई मृत्यु न हो और संपत्तियों का भी कम से कम नुकसान हो बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्यों के तटीय इलाकों में तूफान के मद्दे नजर उठाये गये कदमों की भी जानकारी दी

इन पुस्तकों को नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है

इस दौरान उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और शिक्षकों को शिक्षा में सुधार के निर्देश दिये

इसके लिए दीवार लेखन के साथ ही मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगाये जा रहे हैं और पर्चे भी वितरित किये जा रहे हैं